मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का आज दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया वे बयासी वर्ष के थे डॉक्टर मिश्र लंबे समय से बीमार थे वे उन्नीस सौ पचहत्तर उन्नीस सौ अस्सी और उन्नीस सौ नवासी में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे वे केन्द्र की नरसिम्हा राव सरकार में भी मंत्री रह चूके हैं राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने डॉक्टर मिश्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक कुशल प्रशासक संवेदनशील राजनेता और अर्थशास्त्र के विद्वान प्राध्यापक थे

राज्य सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन रविशंकर प्रसाद रामविलास पासवान नित्यानंद राय गिरिराज सिंह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह अशोक कुमार विजय शंकर दूबे और प्रेमचंद्र मिश्र समेत अनेक नेताओं ने डॉक्टर मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है जगन्नाथ मिश्र का पार्थिव शरीर कल पटना लाया जायेगा बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष राम अवधेश सिंह ने डॉक्टर मिश्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का अंतिम संस्कार परसों पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा अरवल जिला कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को श्रद्धांजलि दी गयी वहीं श्री मिश्र के निधन के कारण घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक के मद्देनजर कल से शुरू होने वाला अरवल जिले का स्थापना दिवस समारोह स्थगित कर दिया गया है समस्तीपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर डॉक्टर मिश्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की जदयू सांसद और पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि उनके निधन से समाज और राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है राज्य के अलग अलग ठिकानों के साथ ही झारखंड में भी कुछ स्थानों पर छापेमारी की जा रही है पुलिस ने आज पटना जिले के खुसरूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगमाल बिगहा गांव में विधायक के एक रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जिसमें पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली इधर एडीजी मुख्यालय ने कहा है कि फरार विधायक की गिरफ्तारी के लिये एसआईटी को अलर्ट कर दिया गया है साथ ही विधायक के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गयी है उन्होंने किसी पूर्वाग्रह के आरोप से इंकार करते हुए कहा कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है भागलपुर केन्द्रीय कारा में बंद कुख्यात अपराधी विकास झा अस्पताल में इलाज के दौरान फरार हो गया

इधर पूलिस ने विकास झा के भाई आयूष को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है वहीं बेगूसराय और सीमावर्ती जिलों में आतंक का पर्याय बने कुख्यात अपराधी केवली यादव को पुलिस ने बखरी स्थित उसके गांव मौजी हरिसिंह से गिरफ्तार कर लिया है मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधियों ने दिन दहाड़े पौने चार लाख रूपये लूट लिये अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर कर्मी की मोटरसाईकिल भी लूट ली पुलिस अपरधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है इधर सदर पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को पिस्तौल कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया पटना उच्च न्यायालय ने नीट के जरिये बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिये काउंसलिंग पर रोक लगा दी है कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद् एमसीआई और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् बीसीईसीई से जवाब तलब किया है गौरतलब है कि एमसीआई के अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती दी गयी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के सासाराम रेलवे स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग के कारण चौबीस अगस्त को रांची आरा और पच्चीस अगस्त को आरा रांची एक्सप्रेस रद्द कर दी गयी है इधर किऊल गया रेलखंड पर चलने वाली सात जोड़ी पैंसेजर ट्रेनों के मानपुर और गया स्टेशन पर ठहराव के समय में परिवर्तन किया गया है इन ट्रेनों में गया बख्तियारपुर पैंसेजर किऊल गया पैंसेजर झाझा गया मेमू पैंसेजर ट्रेन शामिल हैं इसके साथ ही बरकाकाना डेहरी ऑन सोन पैंसेजर ट्रेन के परिचालन समय में भी बदलाव किया गया है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है मौसम विभाग के अनुसार झारखंड से गुजर रही ट्रफ लाईन के प्रभाव के कारण राज्य के मध्य और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गयी त्रिवेणी में दस सेंटीमीटर परसा में आठ सोरैया पलमेरगंज वैशाली और टेकारी में छह छह सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होगी पटना गया भागलपुर और पूर्णियां में बादल छाये रहेंगे तथा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है इस बीच कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है इधर केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने बिहार समेत देश भर के बारह राज्यों में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है बक्सर जिले समेत पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर नीचे बह रही है बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है और छोटी नौकाओं के परिचालन के साथ ही मछ्आरे के नदी में जाने पर रोक लगा दी है

मुजफ्फरपुर जिले के एईएस यानी दिमागी बुखार से सर्वाधिक प्रभावित रहे पांच प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण किया जायेगा राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के मुसहरी बोचहां मीनापुर कांटी और मोतिपुर प्रखंड में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तीन माह के अंदर प्रभावित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही खाद्यान्न मुहैया कराया जाये शेखपुरा जिले में जिलाधिकारी इनायत खान की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति की बैठक आयोजित की गयी बैठक में पांच सरकारी मृत कर्मियों के आश्रितों को नौकरी की अनुशंसा की गयी पूर्णियां जिले के टीओपी थाना क्षेत्र के मंझली चौक के पास बस की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गयी तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने गया में आज अपने पूर्वजों का पिंडदान किया इस दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गयी जिसके बाद उन्हें अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत अब ठीक है लखीसराय के चानन के मननपुर थाना अंतर्गत नक्सलियों ने दो लोगों की हत्या कर दी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर आज गया के आजाद पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान जिले के वरिष्ठ फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया अररिया जिले के सदर अस्पताल चौक पर दो पक्षों में हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गयी बक्सर जिले के चक्की प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मण डेरा के पास करंट लगने से तीन किसानों की मौत हो गयी प्रर्णिया पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बंधन बैंक में पिछले दिनों हुई लूटकांड मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड के दोहरा गांव में कथित रूप से एक विचित्र कीड़े के काटने से तीन लोगों की मौत हो गयी स्वास्थ्य विभाग की टीम दोहरा गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का निधन

मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया